एक मई से लगेगा टीका प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या चौरानवे हजार से अधिक हुई

कोविड नियंत्रण और रोकथाम को लेकर आज फिर होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक

कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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 सभी सुरक्षा उपायों का पालन करें और पैंतालीस वर्ष से ऊपर के सभी लोग बेहिचक टीका लगवाएं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 मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिये निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है इस चरण के तहत अठारह वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों को एक मई से टीके दिये जायेंगे केन्द्र सरकार ने कहा है कि इस चरण के अन्तर्गत टीका लेने वालों को पहले निबंधन कराना अनिवार्य होगा बिना निबंधन के टीके नहीं दिये जायेंगे और इसके लिये टीकाकरण केन्द्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी लोग कोविन पोर्टल कोविन डॉट जीओवी डॉट इन या आरोग्य सेतु एप के माध्यम से निबंधन करा सकते हैं बिहार में इस चरण में साढ़े पांच करोड़ से अधिक लोगों को टीके लगाये जायेंगे प्रदेश में कोविड संक्रमण में लगातार बढ़ोतरी हो रही है पिछले चौबीस घंटे में कोरोना संक्रमण के बारह हजार छह सौ चार नए मामलों की प्रष्टि हुई है राज्य में पिछले चौबीस घंटे में मिले क्ल संक्रमित का चौदह दशमलव पांच सात प्रतिशत पटना का हैं स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पटना जिले में सर्वाधिक एक हजार आठ सौ सैंतीस कोरोना पॉजिटिव मिले हैं गया जिले में सात सौ उनहत्तर नए संक्रमित मिले हैं इसके बाद भागलपुर में छह सौ चौंवन पश्चिम चंपारण छह सौ उनतालीस औरंगाबाद में छह सौ बाईस बेगूसराय में छह सौ ग्यारह सारण में पाचं सौ तैंतालीस और मुजफ्फरपुर में चार सौ अंठावन संक्रमित मिले हैं अन्य जिलों से भी पाजिटिव मामलों की पुष्टि हुई है वहीं राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या बढ़ कर चौरानवे हजार दो सौ पचहत्तर हो गई है पिछले चौबीस घंटे में एक लाख तीन सौ अटठाईस व्यक्ति की कोरोना संक्रमण की जांच की गई हैं इसी अवधि में सात हजार नौ सौ चार मरीज स्वस्थ हुये है स्वस्थ होने की दर सतहत्तर दशमलव चार तीन प्रतिशत हो गयी है वहीं पचासी लोगों की जान चली गयी है इनमें सबसे अधिक पटना जिले में बाईस लोग शामिल है पटना जिले के नौबतपुर के प्रखंड कृषि पदाधिकारी अरूण कुमार शर्मा का कोविड उन्नीस से निधन हो गया उनका पटना के एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था वहीं पटना के वरीय चर्म रोग विशेषज्ञ डॉक्टर बीके सिन्हा का निधन कोरोना से हो गया है वे पटना एम्स में भर्ती थे इधर पटना कॉमर्स कॉलेज के पूर्व प्रोफेसर ललन प्रसाद सिंह और पूर्व प्रोफेसर तपस्वी यादव का निधन हो गया वे कोरोना संक्रमित थे इधर पूर्व मंत्री नरेंद्र सिंह दूसरी बार कोरोना संक्रमित हो गए इससे पूर्व वे विधानसभा चुनाव के दौरान कोरोना संक्रमित हुए थे श्री सिंह को पटना एम्स में भर्ती कराया गया है नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कोविड से बचाव के लिए अब घर में भी मास्क पहनने की सलाह दी है बाईट घर में एक पॉजिटिव व्यक्ति है तो बहुत जरूरी है कि वो मास्क पहनें और बल्कि अब मैं यह कहना चाहूंगा कि सीधा टाइम आ गया है कि घर हम वैसे ही हम मास्क पहनना शुरू करें हम बाहर की बात करते थे लेकिन संक्रमण जैसे ज्यादा है तो घर में भी बाइचांस किसी को आ गया है तो जहां तक हो के घर में जब हम किसी के साथ बैठे हैं तो मास्क लगाएं तो फायदा है लेकिन डेफिनेटली अगर कोई पॉजिटिव है उसको भी मास्क लगाना है बाकियों को भी लगाना है उसको दूसरे कमरे में रखना है नई दिल्ली स्थिति राम मनोहर लोहिया अस्पताल के डॉक्टर एके वार्ष्णेय ने कहा है कि जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है उन्हें भी वैक्सीन लगवानी चाहिए

पिछले चौबीस घंटे के दौरान पचहत्तर हजार छह सौ तैंतालीस लोगों को टीका लगाया गया है इनमें उनचास हजार आठ सौ छब्बीस लोगों को पहली डोज जबकि पच्चीस हजार आठ सौ सत्रह लोगों को दूसरी डोज दी गयी है इधर देश भर में अब तक चौदह करोड़ सतहत्तर लाख लोगों को कोविड टीके लगाये गये हैं पटना उच्च न्यायालय ने कहा कि राज्य में कोविड की स्थिति और अस्पतालों में इलाज की सुविधा को लेकर हर दिन सुनवाई की जायेगी न्यायमूर्ति चक्रधारी शरण सिंह और न्यायमूर्ति एम के शाह की खंडपीठ ने कल लोकहित याचिकाओं पर सुनवाई करते हये राज्य सरकार को घर में रहने वाले कोरोना मरीजों को उनकी जरूरत के अनुसार ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया खंडपीठ ने पटना एम्स के तीन डॉक्टरों की एक समिति को विशेष शक्ति देते हुये पटना के कोविड अस्पतालों में ऑक्सीजन आपूर्ति बेड और प्रतिदिन कितनी जांच की गयी इसकी जानकारी रखने का निर्देश दिया केंद्र ने अब तक राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को पन्द्रह करोड़ से अधिक कोरोना वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराये हैं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास अभी भी एक करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध हैं मंत्रालय ने बताया कि उन्हें अगले तीन दिन में अस्सी लाख से अधिक वैक्सीन डोज उपलब्ध कराई जाएंगी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देशभर के स्वास्थ्य ढांचे में त्वरित सुधार के निर्देश दिए हैं उन्होंने उच्चाधिकारियों के साथ एक बैठक में देश में कोरोना की स्थिति की समीक्षा की और ऑक्सीजन दवाओं तथा अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली ऑक्सीजन उपलब्धता बढ़ाने के प्रयासों की जानकारी देते हुए अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को बताया कि राज्यों के लिये ऑक्सीजन आपूर्ति बढ़ा दी गयी है बैठक में बताया गया कि पिछले आठ महीने में देश में तरल चिकित्सा ऑक्सीजन का दैनिक उत्पादन पांच हजार सात सौ टन से बढ़कर आठ हजार नौ सौ बाईस टन किया गया है प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र जल्द से जल्द श्रु करने के लिए राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम करने का निर्देश दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में कोरोना की स्थिति की उच्चस्तरीय समीक्षा की उन्होंने पटना रिथित आईजीआईएमएस को कोरोना डेडिकेटेड अस्पताल में बदलने का निर्देश दिया डेडिकेटेड अस्पताल बनाने से कोविड मरीजों के लिए ज्यादा संख्या में बेड उपलब्ध हो सकेंगे मुख्यमंत्री ने कोरोना के इलाज के लिए जिला और अनुमंडल स्तर पर भी पूरी तैयारी किये जाने की बात कही उन्होंने लोगों की अधिक आवाजाही और बढ़ी हुई गतिविधियों पर रोक लगाने का निर्देश दिया बैठक में उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद और रेणु देवी तथा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय भी उपस्थित थे इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग और आपदा प्रबंधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी तथा सभी जिलों के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक भी बैठक में शामिल हुए इधर कोविड नियंत्रण और रोकथाम को लेकर आपदा प्रबंधन समूह की आज फिर से बैठक होगी जिसमें जिलाधिकारियों से मिली जानकारी के आधार पर आवश्यकता के अनुसार निर्णय लिया जायेगा बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार करेंगे उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि कोरोना संक्रमण के दौरान अधिकारी प्री संवेदनशीलता और तत्परता के साथ काम करें उन्होंने नगरीय सुविधाएं हर हाल में बहाल रखने का निर्देश दिया श्री प्रसाद ने राज्य के सभी शहरी वार्ड में सोडियम हाइपोक्लोराइड और ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव पिछले वर्ष की तरह और अधिक रूप से कराने का निर्देश दिया है उप मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रर्णिया कोसी सारण तिरह्त और भागलप्र प्रमंडल के अंतर्गत आने वाले नगर परिषदों के माध्यम से क्रियान्वित की जा रही योजनाओं के कार्यों की समीक्षा की इसके अतिरिक्त बैठक के दौरान मास्क वितरण मोक्षधाम सेनिटाईजेशन समेत अन्य मामलों की भी समीक्षा की गयी केन्द्र सरकार के मंजूरी बाद राज्य के चौदह सौ चौवालीस किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग को चार लेन में बदलने का काम शुरू कर दिया गया है एनएचआई के एक अधिकारी ने बताया कि प्रदेश के छह सौ सड़सठ किलोमीटर लम्बी पन्द्रह सड़क और सात सौ संतानवे किलोमीटर की लम्बाई में बाईस सड़क परियोजनाओं के लिए निर्माण एजेंसी का चयन कर लिया गया है अधिकारी ने बताया कि इससे लगभग एक लाख लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा राज्य में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत बचे हये घरों को निर्माण पन्द्रह मई तक प्रा कर लिया जायेगा ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि अब तक उन्नीस लाख चालीस हजार से अधिक आवास का निर्माण कर लिया गया है जो लक्ष्य का लगभग साठ प्रतिशत है उन्होंने कहा कि निर्माण के स्थान पर कोरोना का प्रोटोकॉल जारी रहेगा प्रदेश में पछुआ हवा के लगातार चलने से अधिकतम तापमान में वृद्धि हो रही हैं जिससे पिछले दो से तीन दिनों में अधिकतम तापमान में तीन से चार डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के अनुसार तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा जबकि उनतीस अप्रैल को उत्तरी बिहार में बारिश होने की सम्भावना है वहीं राज्य के सीमावर्ती क्षेत्रों में धूल भरी आंधी चलने की आशंका है कल भागलपुर राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा जहां का अधिकतम तापमान इकतालीस दशमलव चार डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया प्रदेश के कई इलाकों में आज सुबह सात बजकर इक्यावन मिनट पर भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए हैं भागलपुर मुंगेर पूर्णिया अररिया कटिहार किशनगंज समेत सीमांचल क्षेत्र के कई इलाकों में लोगों ने भूकंप के झटके महसूस किये मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर छह दशमलव चार थी भूकम्प का केंद्र असम के तेजपुर से तैंतालीस किलोमीटर पश्चिम में स्थित था अब तक कहीं से भी जान माल की क्षति की कोई खबर नहीं है कोविड उन्नीस की चुनौतियों के बाद भी वर्ष दो हजार बीस इक्कीस में भारत के जैविक खाद्य उत्पादों के निर्यात में मूल्य की दृष्टि से पचास प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी हई है वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के अनुसार मात्रा की दृष्टि से इन उत्पादों का निर्यात वर्ष दो हजार उन्नीस बीस की तुलना में पिछले वित्त वर्ष के दौरान उनतालीस प्रतिशत बढ़ोतरी के साथ आठ लाख अठासी हजार मीट्रिक टन दर्ज किया गया है नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि एयर इंडिया के विमान विभिन्न देशों से फिलिप्स के दस हजार छह सौ छत्तीस ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स देश में लेकर आएंगे एक ट्वीट में श्री प्री ने बताया कि अमरीका से छह सौ छत्तीस कंसनट्रेटर्स लेकर उड़ानें भारत के लिए पहले ही रवाना हो चुकी हैं जमुई जिला मुख्यालय में नाइट कर्फ्यू का उल्लघंन करने के आरोप में चार लोगों पर मामला दर्ज किया गया है जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि चार युवक अपने मोटरसाईकिल से सड़कों पर घूम रहे थे उन्होंने कहा कि मोटरसाईकिल को भी जब्त कर लिया गया है अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां आज के सभी समाचार पत्रों ने कोविड टीकाकरण के तीसरे चरण के लिये निबंधन की प्रक्रिया आज से शुरू होने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है दैनिक जागरण की सुर्खी है अठारह से ज्यादा उम्र वाले टीकाकरण को आज से करा सकेंगे रजिस्ट्रेशन हिन्दुस्तान अखबार ने कोरोना की दूसरी लहर के में तेजी से बढ़ते मामलों का उल्लेख करते हुये शीर्षक दिया है पैंतीस दिन में एक लाख पार दैनिक भास्कर की बड़ी खबर है पटना में तीस हजार में बिक रहा है नकली रेमडेसिविर एक डॉक्टर को भी लगाया प्रभात खबर की सुर्खी है अस्पतालों में जगह नहीं घर में भी संकट दैनिक आज ने पटना उच्च न्यायालय के हवाले से लिखा है होम आईसोलेशन वालों को भी मिले ऑक्सीजन राष्ट्रीय सहारा ने रूस निर्मित कोविड टीका की खबर को प्रमुखता देते हुये लिखा है स्प्रतनिक वी की अगले माह आएगी पहली खेप

एक मई से लगेगा टीका प्रदेश में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या चौरानवे हजार से अधिक हुई

कोविड नियंत्रण और रोकथाम को लेकर आज फिर होगी आपदा प्रबंधन समूह की बैठक